त् झारखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना की रोकथाम को लेकर उठाए गए कदमों की राज्य सरकार से मांगी अद्यतन रिपोर्ट

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिये दो अध्यादेशों को लागू किया है

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इन दोनों अध्यादेशों को मंजूरी दी थी ये अध्यादेश कृषि उपज में निर्बाध व्यापार को सक्षम बनायेंगे और किसानों को उनकी पसंद के प्रायोजकों के साथ जुड़ने के लिये सशक्त करेंगे कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल सभी मुख्यमंत्रियों का पत्र लिखकर इन अध्यादेशों की जानकारी दी और सुधारों को अमल में लाने के लिये उनसे सहयोग का आग्रह किया उन्होंने नये सुधार के माहौल में कृषि क्षेत्र की वृद्धि और विकास में उनसे निरंतर सहयोग का अनुरोध किया केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड के लिए पांच सौ बहतर करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी है इस राशि से चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के लगभग बारह लाख घरों में पाइपलाइन के जरिए पेयजलापूर्ति की जाएगी केंद्र ने राज्य सरकार को कहा है कि इस योजना के तहत उन्नीस आकांक्षी जिलों तथा दलित आदिवासी बस्तियों के अलावा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आनेवाले गांवों में पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी पहुंचाने को प्राथमिकता दी जाए गौरतलब है कि राज्य में वर्ष दो हजार चौबीस तक शत प्रतिशत घरों में नल से पेयजलापूर्ति किया जाना है राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर नौ सौ छत्तीस हो चुकी है इनमें चार सौ छियालीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वहीं सात मरीजों की मौत हो चुकी है राज्य में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट चौवालीस दशमलव चार छह प्रतिशत है जबकि मौत की दर मात्र शून्य दशमलव सात पांच प्रतिशत है धनबाद जिले में उपचार के बाद स्वस्थ हुए सैंतीस लोगों को चौदह दिनों के लिए होम क्वारेंटाइन में भेज दिया गया है जिले के उपायुक्त ने बताया कि अबतक यहां पचास कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं गिरिडीह जिले में भी पिछले चौबीस घंटे में छह कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इस तरह इस जिले में सोलह लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं जबकि चार का अस्पताल में इलाज जारी है हजारीबाग जिले में कल छब्बीस लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि सिविल सर्जन ने की इस तरह हजारीबाग में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक सौ दस हो चुकी है इनमें चौवन सक्रिय मामले हैं जिनका इलाज कोविड अस्पतालों में चल रहा है खूंटी जिले में दो लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें कोविड केयर सेंटर से छुट्टी दे दी गयी राजधानी रांची के राजेंद्र आर्युविज्ञान संस्थान रिम्स के न्यूरो आईसीयू वार्ड में कल एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद यहां के सभी डॉक्टर और पारा मेडिकल कर्मियों की कोरोना जांच कराई जाएगी इनमें बारह सीनियर जूनियर डॉक्टर ग्यारह नर्स और तीन वार्ड असिस्टेंट शामिल है इसके अलावा इस वार्ड में भर्ती सभी पंद्रह मरीजों का भी सैंपल लिया जाएगा इस सिलसिले में निदेशक डॉ डीके सिंह ने न्यूरो के सभी चिकित्सकों के साथ बैठक की निदेशक ने बताया कि न्यूरो आईसीयू वार्ड को सोमवार तक के लिए सील कर दिया गया है यहां सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है इसलिए यहां भर्ती मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर इलाज किया जा रहा है राज्य कोरोना महामारी और लॉकडाउन को लेकर रांची में बनाए गए राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष में अड़तालीस हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं इसमें खाद्य आपूर्ति स्वास्थ्य कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी सबसे ज्यादा शिकायतें थी इनमें से करीब उन्नासी प्रतिशत शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है पंचान्बे प्रतिशत शिकायतों के निदान के साथ साहेबगंज जिला पूरे राज्य में अव्वल रहा है जबकि धनबाद दूसरे पश्चिमी सिंहभूम तीसरे लोहरदगा चौथे और लातेहार पांचवे स्थान पर रहा है वहीं रांची में सबसे कम लगभग अड़सठ प्रतिशत शिकायतों का ही निपटारा हो सका है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

मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने सुनवाई करते हुए सरकार को अपडेट स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने बताया कि सभी जिलों में जांच के लिए ट्रूनेट मशीनें लगा दी गई हैं वहीं हजारीबाग दुमका और पलामू के मेडिकल कॉलेजों में टेस्ट लैब शुरू करने का काम अंतिम चरण में है राज्य में कोरोना संक्रमण के जांच के लिए अबतक लिए गए सैंपलों की संख्या से भी अदालत को अवगत कराया गया इस मामले पर अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी शादी समारोह के आयोजन के लिए अब जिला प्रषासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी इसके लिए निकटतम थानों से ही इजाजत दी जाएगी शादी समारोह से जुड़े पक्ष को स्वघोषणा पत्र भी देना होगा इसमें लॉकडाउन की शर्तो का समारोह में अनिवार्य रूप से पालन करने की जानकारी देनी होगी रांची के अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि विवाह समारोह में पचास से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मास्क और सभी को फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा आयोजन स्थल में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी पाकड जिले में लॉकडाउन के बीच मनरेगा के विभिन्न योजनाओं के तहत मजद्रों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् सीएसआईआर विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये अटल नवाचार मिशन के साथ सहयोग करेगा इस संबंध में सीएसआईआर और नीति आयोग के बीच कल एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किये गये ये दोनों संगठन अटल नवाचार मिशन पहल के अंतर्गत सी एस आई आर की संस्थाओं के जरिये विश्वस्तरीय स्टार्ट अप में सहयोग के लिये साथ आए हैं ये संगठन नवाचार के नये मॉडल पर भी काम कर रहे हैं जिनमें सीएसआईआर नवाचार पार्कों की स्थापना शामिल है

चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के अकौना गांव में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के हिरण के सिंग और खाल को बरामद करने में सफलता हासिल की है हालांकि इस दौरान पशु तस्कर फरार हो गए वन प्रमंडल पदाधिकारी काली किंकर ने बताया कि दो पशु तस्करों द्वारा अपने घर मे हिरण की खाल और सिंग छिपाकर रखने की गृप्त सुचना मिलने के बाद वन विभाग के द्वारा छापेमारी की गई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल राजमार्गो पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरुकता अभियान का श्भारंभ किया वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत करते हुए श्री गडकरी ने लोगों को सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के बारे में जागरुकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने बताया कि देशभर में पांच हजार ऐसे स्थानों की पहचान की गई है जहां अक्सर द्र्घटनाएं होती हैं दुर्घटना के कारणों को दूर करने के लिए अस्थायी और स्थायी उपाय तात्कालिक आधार पर किए जा रहे हैं राज्य के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके पूर्व खिलाड़ियों को सरकार आर्थिक मदद करेगी इस सिलसिले में सभी खेल संघों को पूर्व खिलाड़ियों की सूची ग्यारह जून तक खेल विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है पूर्व खिलाड़ी अपने स्तर पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं खेल निदेशक ने बताया कि अबतक चौहतर खिलाडियों की सुची विभाग को मिली है जबकि इस साल फरवरी माह से ही सभी खेल संघों को पूर्व खिलाड़ियों की पहचान कर ब्यौरा भेजने को कहा जा रहा है झारखंड के पूर्व राज्यपाल वेद मारवाह का कल गोवा में निधन हो गया वे वर्ष दो हजार तीन चार में यहां के राज्यपाल थे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है

योग फेडरेशन के महासचिव संजय कुमार झा ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए नौ र्सो प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है

जो दिव्यांग विद्यार्थी परीक्षा नहीं देंगे उनके परिणाम वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के तहत घोषित किए जाएंगे

कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही संख्या को देखते हए छावनी प्रशासन ने यह निर्णय लिया है

टंडवा में एक युवक की मौत कृएं में गिरने से हो गई